मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि चुनाव संहिता लागू होने से किसी भी शार्टी नेता को रेस्ट हाऊस डाक बंगला या सर्कट हाऊस का प्रयोग चूनाव सम्बधी काम के लिए करने नहीं दिया जायेगा

विदेशों में भारतीय द्रतावासों में भी इस सम्बध में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये है नई दिल्ली में राजघाट र सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्र ति राम नाथ कोविंद उ राष्ट्र ति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह तथा कई केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता शार्टी के नेताओं ने बापू की समाधि सर प्रष्टी अर्पित किये महात्मा गांधी के छोटे से वीडियो में श्री मोदी ने कहा कि गांधी जी का शांति का संदेश विश्व समुदाय का आज भी प्रांसगिक है भारतीय जनता शार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने नई दिल्ली में शार्टी की राष्ट्र व्यापी गांधी संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम जायेंगे जहां वे एकल इस्तेमाल वाले प्लासिटक से आश्रम को मुक्त बनाने के लिए प्लॉगिंग कार्यक्रम में भाग लेंगे और नदी के किनारे वे बीस हजार से अधिक ग्राम सर ंचों की साबरमती में राष्ट्र को खूले में शौच की क्रप्रथा से मुक्त घोषित करेंगे

हरियाणा के राज्य ाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा है कि आज देश द्वनिया व समाज को गांधी जी के बताये गये सत्य अहिंसा के मार्ग प्रर चलने की आवश्यकता है ताकि मानव में वैमन्स्य की भावना खत्म हो

राज्य ाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सर्व धर्म समन्वय का शाठ श्रद्धाते हये देश के एक सूत्र में शिरोकर आज़ादी दिलाई

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग़ुरूग़ाम में सफाई अभियान की शुरूआत की मुख्यमंत्री ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में झाड़ लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया मुख्यमंत्री ने साथ लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी झाड़ू लगाई भिवानी के उप्रायुक्त सुजान सिंह ने प्रंडित नेकी राम पुस्तकालय प्रिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा र मल्यार्रण किया और जिला प्रशासन व नगर रिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हज़ारों स्कूली बच्चों को स्वच्छता की शाथ दिलाई उप्रायुक्त ने रेलवे स्टेशन प्रर संत निरंकारी आश्रम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वयं झाड़ु लगाकर शहर वासियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया नगर रिषद द्वारा शहर से करीब न्द्रह ट्राली ॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रकिया गया

बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक की शानी की बोतलों की जगह शीशा धातुका र और सेरेमिक से बनी बोतलों का इस्तेमाल करें डा जगबीर सिंह ने कहा कि स्वच्छता को केवल एक अभियान तक ही न सीमित रखें बलिक इसे जीवन में धारण करना जरूरी है अम्बाला छावनी रेलवे स्टेश्न र आज संत निरंकारी मिशन के सहयोग से महात्मा गाधी की जयंती र स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें रेलवे के कई बड़े अधिकारियों ने भाग लिया छावनी रेलवे रिसर विभिन्न लेट फार्म सहित अनेक सथानों र आज सफाई अभियान चलाया गया और रेलवे रिसर में ौधारो ण भी किया गया उधर लवल में अखिल भारतीय आंतकवाद विरोधी मोर्चा द्वारा भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानी स्वर्गीय लाल बहाद्र शास्त्री की जयंती ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन स्थित गांधी स्मारक धर मनाई गई जहां विशेष रू से प्रदेश प्या ार मंडल के प्रदेश सह सचिव प्रवीण गर्ग भाज ा के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक प्रधान दिनेश भारद्वाज यमुनानगर के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि भावी पीढियों के लिये सुरक्षित र्यावरण और स्वच्छ वातावरण उ लब्ध कराने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता में सहयोग करना चाहिए तथ हर नागरिक को एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का त्याग करना चाहिए गांधी जयंती के उ लक्ष्य में बल्लभगढ़ बस स्टैंड र हरियाणा राज्य रिवहन निगम के महाप्रबंधक भारत भूषण के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया

नगर निगम और जिला प्रशासन के विशेष प्रयासों में सभी वार्डो में विशेष सफाई अभियान चलाया गया

चार दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उदघाटन जाब के राज्य ाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बी ी सिंह बदनौर ने किया प्रदर्शनी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि विभाग के प्रयासों की सराहना करते हये लोगों से अधील की कि वे महात्मा गांधी के दर्शाये मार्ग र चल कर स्वच्छता को अ नाये व शहर को प्लास्टिक से मुक्त रखे

राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को भी उनकी जन्म शताब्दी र याद कर रहा है राष्ट्र ति राम नाथ कोविंद उ राष्ट्र ति एम वैकेंया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विजय घाट जाकर शास्त्री जी की समाधि प्र श्रद्वासुमन अर्पित किये

उन्होंने भारत को सशक्त जय जवान जय किसान का नारा दिया

उन्होंने कहा कि एलिस की टीमें लगातार कड़ी निगरानी रख रही है तथा आगामी चुनाव के लिए हर स्तर र तैयारी चल रही है

श्री अन्रराग अग्रवाल ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल यदि इन जगहो र अनौ चारिक बैठक भी करता है तो वह आचार संहिता का उल्लघंन होगा उनहोंने स्थष्ट किया कि यदि कोई किसी व्यक्ति को इन रेस्ट हाउसेस डाक बंगलों या स्रिकट हाउसेस में रहने की अनुमति मिलती है तो व दो से अधिक वाहन वाहन भीतर नहीं ले जा सकेगा

अतिरिक्त एलिस महानिदेशक नवदी सिंह विर्क ने यह जानकारी देते हये बताया कि शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित मतदान के लिए व्या क सुरक्षा प्रबंध किये जायेंगे